चुनाव आयोग ने विज्ञापन खर्च के लिए जारी किए नये नियम

सात जून को होगा मतदान लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार जोरों पर है इस चरण में राज्य की आठ सीटों पर उन्नीस मई को मतदान होगा इनमें पटना साहिब पाटलिपुत्र नालंदा जहानाबाद काराकाट सासाराम बक्सर और आरा शामिल हैं एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान कई केन्द्रीय मंत्री और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे वहीं प्रधानमंत्री की सभा के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करगहर नोखा मधुसरवां कलेर और दाउदनगर में भी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे जबकि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बख्तियारपुर खुशरूपुर फतुहा और पटना सिटी में रोड शो करेंगे वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी पटना के कंकड़बाग में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे उधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय और सांसद सीपी ठाकुर संयुक्त रूप से आरा के सहार और पहाड़पुर में चुनावी रैली करेंगे राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव रघुनाथपुर मखदुमपुर कुर्था बिहारशरीफ और नौबतपुर में चुनावी सभा करेंगे लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए एनडीए और महागठबंधन के साथ निर्दलीय प्रत्याशी जमकर प्रचार अभियान में जूटे हैं पटनासाहिब से भाजपा प्रत्याशी और कोन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजधानी पटना के दलित बस्तियों में प्रचार अभियान के दौरान कहा कि कांग्रेस ने दलितों और वंचितों को ठगने का काम किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बख्तियारपुर में कहा कि हमारी वायु सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंवादियों को नष्ट किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मनेर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हये कहा कि सत्ता हाथ से निकलती देख लालू प्रसाद जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि कांग्रेस नरेन्द्र मोदी को गाली दे रही है जिसका जवाब जनता मतदान से देगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पटनासिटी में एक चुनावी सभा में कहा कि वर्तमान सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है जबकि नोटबंदी और जीएसटी से बेरोजगारी बढ़ गयी है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दुल्हिनबाजार में चुनावी सभा में कहा कि केन्द्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों का दर्द दूर किया जायेगा पूर्व केन्द्रीय मंत्री और राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने बख्तियारपुर में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा में कहा कि मोदी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि जनता झूठे वादे करने वालों को पूरी तरह से नाकार देगी वहीं शरद यादव ने डेहरी में कहा कि आरक्षण समाप्त करने की कोशिश नहीं होने दी जायेगी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या ने अकोढ़ीगोला में कहा कि हार को देखते हुये भाजपा बौखला गयी है उन्नीस मई को सातवें और अंतिम चरण के चूनाव के तहत राज्य के आठ लोकसभा क्षेत्र के दस विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही मतदान होगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी और पालीगंज सासाराम के भभुआ चैनपुर चेनारी और सासाराम काराकाट के डेहरी काराकाट गोह और नवीनगर में मतदान सूबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक होगा निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अंतिम चरण में लगभग एक करोड़ बावन लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उन्होंने कहा कि मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गयी है जिसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के उनचास पदाधिकारियों को मतगणना प्रेक्षक बनाया गया है निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की दो सीटों के लिए होने वाले उप चूनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है आयोग के अनुसार इक्कीस मई को इन दोनों सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होगी जबकि अठाईस मई तक नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे उन्तीस मई को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और इकतीस मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे मतदान सात जून को होगा और मतों की गिनती उसी दिन की जायेगी चूनाव आयोग ने अखबार टीवी और रेडियो में तीन बार प्रचार करने के खर्च चुनावी खर्च में जोड़ने का निर्देश दिया है आयोग ने इसके लिए एक नया फॉरमेट भी जारी किया है आयोग ने कहा है कि नब्बे दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव में किये गये खर्च का ब्योरा प्रत्याशियों को देना होगा दानापुर रेलवे स्टेशन के पास ऑटोमेटिक रूट रिले इंटर लॉकिंग का कार्य होने के कारण इक्कीस मई से इस मार्ग से गुजरने वाली पन्द्रह एक्सप्रेस और नौ पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी इसके साथ ही छियासठ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जायेगा वहीं तेरह ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाने का निर्णय किया गया है पाटलिपुत्र जंक्शन से आने जाने वाली ट्रेनों का भी परिचालन बंद रहेगा राज्य के उत्तरी मध्य क्षेत्र में हुई बारिश और वातावरण में नमी के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है इधर पश्चिम बंगाल के साथ ही नेपाल से भी ठंडी हवा का प्रदेश में प्रवेश हो रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि इसके कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सुबह और शाम में तापमान में कमी होगी जबकि दिन में ध्रप होने के कारण गर्मी महसूस होगी उधर मौसम पूर्वानुमान बताने वाली एक एजेंसी के अनुसार इस वर्ष मानसून के चार जून को केरल तट पर पहुंचने की सम्भावना है बिहार रणजी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान आश्रतोष अमन को बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर दो हजार उन्नीस पुरस्कार के लिए चुना गया है राज्य के छह क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन उत्तर पूर्व क्षेत्रीय अंडर नाईनटीन टीम में किया गया है इनमें पटना के मलय राज पीयूष कुमार सिंह हर्ष राज और आकाश राज जबकि गोपालगंज के अमोद कुमार यादव और मोतिहारी के शब्बीर खान शामिल हैं पटना उच्च न्यायालय की फर्जी वेबसाईट बनाने वाले दो युवकों को पुलिस ने पटना के चितकोहरा से गिरफ्तार कर लिया है किशनगंज जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बक्सर और सासाराम में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के संबोधन को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है छह चरणों के बाद विपक्ष का हाल बेहाल दैनिक जागरण ने कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हिंसक झड़पे पथराव और आगजनी को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने लिखा है मौसम विभाग ने कहा था मॉनसून सामान्य रहेगा अब स्काईमेट ने कहा कि औसत से सात प्रतिशत कम बारिश होगी प्रभात खबर ने बिहार विधान परिषद की दो सीटों के लिए सात जून को मतदान को बड़ी सुर्खी बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर

चुनाव आयोग ने विज्ञापन खर्च के लिए जारी किए नये नियम

सात जून को होगा मतदान